बोर्ड ने कहा कि ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं को ऑनलाइन अपने वित्तीय लेन देन की पुष्टि की सुविधा देना और स्वैच्छिक कर अनुपालन के लिए प्रेरित करना है

इसके तहत आयकर विभाग करदाताओं को उनके वित्तीय लेन देन संबंधी सूचनाओं की पुष्टिक के लिए ई मेल और एसएमएस भेजेगा

एक ट्वीट में डॉक्टर वर्घन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आये है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या बाईस हजार के करीब पहुंच गई वहीं लगभग पन्द्रह हजार लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

जो कि एक ही परिवार से हैं

जिन व्यक्तियों को कोरोना संबंधित जांच करानी है वह भी निजी लेबों में निर्धारित शुल्क देकर टेस्ट करा सकेंगे आवासीय परिसर कोविड स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं जो अपने परिसर में छोटे पैमाने पर कोविड देखभाल केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं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 दिशा निर्देशों के अनुसार ये केन्द्र वरिष्ठ जन दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संकमितों के लिए नहीं होंगे उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा डेटा संप्रमुत्ता सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की डेटा संप्रभुत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी

उन्होंने कहा कि चीन के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को अवसर मिला है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

पौधरोपण के साथ ही इनकी निगरानी भी की जा रही है

इस दौरान जलाशय के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये

राजधानी भोपाल में इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेगीं बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की जायेगी